कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और हितों को रक्षा के लिए सभी ज़रूरी क़दम उठा रही है

उन्होंने कृषि सुधार क़ानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क़ानूनों से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि उनके हितों की रक्षा भी हा सकगी श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि किसान विपक्षी दलों के छलावे में न आयें जो राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उन्होंने कहा किसानों की समस्याओं का समाधान संघर्ष से नही संवाद से ही निकलेगा

उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोगों को स्विधा देने के लिए गंग नहर पटरी पर कांवड़ मार्ग बनाया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र के लोगों विशेषकर किसानों को आने जाने में आसानी हो सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की प्रगति और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है श्री योगी कल ग़ाज़ियाबाद में एक सौ बत्तीस करोड़ रूपये की लागत से बनाये गये कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन को लोकार्पित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने ग़ाज़ियाबाद ज़िले के विकास के लिए करीब सात सौ इकसठ करोड़ रूपये से अधिक की तीस विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया कार्यकम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आस्था के यह केन्द्र देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बांधते हैं और सभी तीर्थ स्थल न सिर्फ़ आस्था और श्रद्धा के केन्द्र हैं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं श्री योगी ने कहा कि यह भवन कैलाश मानसरोवर यात्रा सिन्धु दर्शन यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री सहित कई यात्राओं के श्रद्धालुओं को समर्पित है उन्होंने कहा कि प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और सरकार इन सभावनाओं से फायदा उठाने और पर्यटन विकास के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है

उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माण का केन्द्र बनाने के लिए प्रयासरत है

डॉक्टर शर्मा आज जौनपुर में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद हमारे प्रतिनिधि से बातचीत कर रहे थे

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफक्चरिंग कलस्टर बनाने के कम में बुदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और लखनऊ उन्नाव तथा कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्वरिंग कलस्टर स्थापित किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे इस दिशा में सरकार अभी से तैयारी कर रही है डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मार्च अप्रैल में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही पाठ्यक्रम पूरा करा लिया जायेगा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रभावशाली ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए ई संजीवनी ऐप के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए

उन्होंने राज्य में कांटेक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस को और सुदृढ़ बनाने के भी निर्देश दिए

जिलाधिकारियों को जिला पुलिस प्रमुखों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है जिससे कोल्ड चेन की व्यवस्था प्रभावी बनायी जा सके और वैक्सीन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को उन देशों के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं

उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा राष्ट्र उन शहोदों का ऋणी रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी उन सुरक्षाकर्मियों और संसद के अधिकारियों को याद किया जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी उन्होंने कहा कि उनकी कर्तव्य निष्ठा और वीरता हमें आतंकवाद से लड़ने क लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को दुढ़ करेगी

इसके अलावा नकली करेंसी बनाने में प्रयूक्त होने वाली सामग्री भी बरामद की गई है